आम लोगों ने भी जमकर बजाये घंटेशंख और तालियां

भोपाल कोरोना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जनता कर्फ्यू के आहवान के बाद आज भोपाल शहर पूरी तरह बंद रहा

दूसरी ओर भोपाल में कोरोना वायरस से पीडित युवती के पाये जाने के बाद शहर में अगले दो दिन तक लॉकडाउन की घोषणा की गयी है इस बारे में भोपाल जिला कलेक्टर तरूण पिथौडे ने लोगों से अपने घरों में ही रहने के लिए कहा है

पीएम अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर राष्ट्र सेवा में लगे लोगों का आभार व्यक्त करने के लिए आज आम जनता ने पांच बजे एक साथ ताली बजाई लोगों ने अपने घरों की बालकनी और दरवाजों पर खड़े होकर पांच मिनट तक तालियां और घंटिया बजाई राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उनकी पत्नी तथा अन्य परिजनों ने भी नागरिकों के साथ आभार व्यक्त किया

आज सुबह चार बजे से पहले रवाना हुई रेलगाडियों को आगे की यात्रा पर जाने दिया जाएगा

नक्सली हमला छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले चिंतागुफा क्षेत्र में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुयी मुठभेड़ में सत्रह जवान शहीद हो गए और पंद्रह घायल हैं जिन्हें हेलिकॉप्टर द्वारा रायपुर ले जाया गया है आज सभी लापता सत्रह जवान सर्चिंग के दौरान मृत मिले हैं पांच से छह नक्सलियों के मारे जाने का भी दावा किया गया है जवानों ने मारे गए नक्सलियों में एक का शव बरामद कर लिया है